वेबिनार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यूनिवर्सल हेत्थ कवरेज और यूनिवर्सल इम्यूनाईजेशन के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं कल आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा विषयों पर आधारित वेबिनार के समावन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत के सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ मध्यप्रदेश की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मध्यप्रदेश में हेल्ड एंड वेलनेन्स सेंटर स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इन सेंटर्स में ईलाज के अलावा योग प्राणायाम आदि के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रखे जाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है वहीं आज आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए रोडमेप तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था व रोजगार विषय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है जिसमें देश के विषय विशेषज्ञ विचार विमर्श कर अपने सुझाव सांझा करेंगे

राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि बच्चों में असीमित क्षमता होती है आवश्यकता उनकी शक्ति और कौशल को निखारकर अवसर देने की है

उन्होंने कहा कि राजभवन परिवार के सभी बच्चों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा पुस्तकालय और रचनात्मक गतिविधियों के लिए व्यवस्था की जायेगी राज्यपाल ने कहा कि राजभवन सबका है इसलिए मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश में आमजन के लिए राजभवन को खुलवाया है उन्होंने कहा कि पढ़े भोपाल अभियान में ढ़ाई लाख लोगों ने भाग लिया था

वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है

यहां कोरोना से निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी भी अपनाई जा रही है

आबकारी वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया है कि ठेकेदारों द्वारा एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने की कोई शिकायत उपभोक्ता द्वारा किये जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्व जांच कर कार्यवाही की जाये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना कंन्ट्रोल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत मदिरा दुकानें बंद करने के आदेश जारी किये गये थे

षासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की डीन डॉ ज्योति बिंदल ने बताया कि सीरो सर्वेक्षण के माध्यम से कोरोना की प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाएगा इन व्यक्तियों से मिले रक्तदान को कोरोना वायरस संक्रमितों को चढ़ाया जाएगा जिससे वे कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सकेंगे डॉ बिंदल ने बताया कि रक्त नमूनों की जांच के माध्यम से षहर में सामुदायिक रूप से कोरोना के प्रति उत्पन्न हो रही रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिषत भी ज्ञात करना है

गंदगी मुक्त भारत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तत्वावधान में इन दिनों स्वच्छ भारत मिशन के तहत देषभर में गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है इंदौर जिले में भी स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही है इसके तहत अनेक गांवों में स्वच्छता अभियान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

जिसके तहत जिला स्तरीय कोरोना कन्ट्रोल रूम से कोविड केयर सेंटर में उपचाररत मरीजों को वीड़ियो या आडियो काल करके पूछा जा रहा है कि उन्हें कोविड केयर सेंटर में कोई असुविधा तो नही है

अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा श्रम विभाग से गृह और जेल विभाग भेजा गया है प्रमुख सचिव मनोज गोविल को वित्त और योजना दीपाली रस्तोगी को वाणिज्यिक कर शिवशेखर शुक्ला को जनसंपर्क और पर्यटन फैज अहमद किदवई को खाद्य नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विवेक क्मार पोरवाल को एनएसएमई का प्रमुख सचिव बनाया गया है मौसम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर के चलते पिछले चौबीस घंटों में जबलप्र मंडला उमरिया सहित दो दर्जन से अधिक जिलो में बारिश हयी राजधानी भोपाल में कल रूक रूक कर बारिश हुई और आज सुबह से बादल छाये हुए है

इसके अलावा प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थिति मंडला उमरिया नरसिंहपुर छिंदवाड़ा और सिवनी में भी अच्छी बारिश हई

विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आर्न वाले रीवा सीधी के अलावा प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी इलाकों में भी बारिश हयी है विभाग ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है